आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने की अपील की है

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की तीसरी किस्त है

यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अन्सार उनके खातों में भेजी जायेगी

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर शहरी वन कार्यक्रम का श्भारंभ किया विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला एक बड़ा पर्व है जिसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष पर्यावरण का थीम जैव विविधता है आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने की शपथ लेने की अपील की है एक टवीट में म्ख्यमंत्री ने कहा कि धरती मन्ष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहत क्छ देती है लेकिन प्रत्येक मनृष्य की लालसा तुप्त नहीं होती इससे पहले एक संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण पर ज़ोर दिया इस अवसर पर हरियाणा मे आज कई जगह पौधा रोपण भी किया गया पंचकृला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय रतेवाली में छात्रों ने पौधा रोपण करके सब को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया विधालय परिसर में छात्रों ने आम जामून और सफेटे आदि के पेड़ पौधे लगाये जिला रेडक्रास पंचकूला द्वारा भी आज पौधा रोपण किया गया रेडक्रास सचिव सविता अग्रवाल व स्वय सेवक जी एस ने पौधे लगाये और लोगों को भी बरसात के मौसम में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया

उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने जगाधरी की लक्कड़ मंडी में प्रशासन दवारा आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपध किया

भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया

उन्होंने बताया कि मानसुन सत्र के दौरान जिले में पौधारोपण अभियान चलाया जायेगा जिसके अंतर्गत फलदार व छायादार पौधे लगाये जायेंगे अम्बाला में इस अवसर पर मेरा आसमान एनजीओ द्वारा एक और अलग कदम उठाया गया है इस एनजीओ द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी की सेवा शुरू की गई और घौसले तैयार करवाकर पेड़ों पर लटकाये गये

ये योजना जारी करने के बाद आज वन विभाग दवारा नगर वन मे वट और नीम के पौधे लगाये गये

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने रेवाड़ी में महान समाज सुधारक संत कबीर दास को नमन करते हुए कहा कि संत कबीर दास मानवता भाईचारे और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं उनके विचार एवं वाणी आज भी प्रासंगिक हैं उधर हरियाणा के प्रातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्यमंत्री श्री अनुप धानक ने संत कबीर शिक्षा समिति दवारा इस अवसर पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में संत कबीर की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित करने के बाद कहा कि संत कबीर दवारा दी गई शिक्षाओं व उपदेशों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्घांजलि होगी उधर अम्बाला शहर में नगराधीश कपिल शर्मा ने आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समाज सुधार धार्मिक व समाजिक एकता के लिए संत कबीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी उनके समयकाल में थी

इन में क्वैत से गांव मौजू खेड़ा में लौटा एक यूवक शामिल है फतेहाबद के जाख्ल थाना में तैनात रेलवे सुरक्षा बल का एक सब इंस्पैक्टर भी कोरोना पोजिटिव पाया गया है

अम्बाला मे मोलाना मेडिकल कालेज से चार मरीज़ों को स्वस्थ होने पर छुटटी दी गई

जाने से पहले उन्हें मास्क सैनेटाइज़र भोजन और पानी भी उपलब्ध करवाया गया चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम सीटीयू चंडीगढ़ प्रशासन से इजाजत मिलने पर आठ जून से लंबी दुरी के रूट पर बसें चलाने की योजना बना रहा है

एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि बसों में सिर्फ पचास प्रतिशत यात्री बिठाये जायेंगे और टिकट की ब्र्किंग बस आरक्षण प्रबधन प्रणाली के माध्यम से ऑन लाइन होगी

प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बसों को जाने से पहले व आने पर सैनेटाइज़ किया जायेगा